भाजपा की ओर से आज से भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान की हुई शुरूआत केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ आज प्रदेश में सैनिक सम्मान अभियान की शुरूआत करेंगे बोबास गांव में किया चारा भंडारगृह का लोकार्पण प्रदेशभर में तापमान में उतार चढाव के बीच तेज सर्दी का असर बरकरार

घटना की जांच के आदेश दे दिए गए है रेल मंत्री पीयष गोयल के कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं

उनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने उनकी नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है श्री श्क्ला मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं

यह कंपनी दो योजनाओं डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कारोबार करेगी केंद्रीय संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि इस आशय का प्रस्ताव कैबिनेट के विचाराधीन है

आगामी आम चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव लेने के वास्ते यह अभियान एक महीने तक चलेगा

परीक्षा में नकल रोकने के लिए उडनदस्ते तैनात किए गए है परीक्षा केन्द्रों के बाहर सुरक्षा के भी माकूल इन्तजाम किए गए है

इस अवसर पर वे सैनिक सम्मान अभियान की शुरूआत करेंगे और पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया जाएगा इससे पहले कर्नल राठौड़ ने आज जयप्र ग्रामीण क्षेत्र के बोबास गांव में चारा भंडारग्रह का लोकार्पण किया इसका निर्माण सांसद निर्धि कोष से किया गया है इस अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बोबास गांव में जयपुर और अजमेर के बीच शुरू हुई डेमु ट्रेन का भी ठहराव भी सुनिश्चित किया जाएगा उन्होंने कहा कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां सांसद निधि कोष से निर्माण कार्य नहीं हुए हो

तीन दिन के इस फेस्टिवल की शुरूआत कल से हुई इसमें दो हजार चिकित्साकर्मी भाग ले रहे है हैत्थ फेस्टिवल के दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श दिया जा रहा है

इसमें देश विदेश के हजारों धावकों ने भाग लिया कई राजनेता प्रशासनिक अधिकारी और जयपुर की अनेक हस्तियां भी इसमें शामिल हुई है ये मैराथन रामनिवास बाग से शुरू हुई